प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा संसद में रचनात्मक बहस और खुलकर चर्चा होनी चाहिए

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है

सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विशेष सत्र को संबोधित किया पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज इलेक्ट्रिक कार से संसद पहुंचे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग शुरू कर रही है क्योंकि ये प्रदूषण रहित हैं

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं

श्री गहलोत आज अजमेर में बाल अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित बाल संगम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने देगी श्री गहलोत ने कहा कि बच्चे पर्यावरण बचाने प्रदूषण को दूर करने नशीले पदार्थो से लोगों को बचाने तथा महिलाओं में घूंघट जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं

उन्होंने छात्राओं को निशुल्क स्कूटी और साइकिल वितरण भी किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मिलावटखोरी रोकने के लिए सख्त कानून बनायेगी

बीकानेर जिला कलेक्टर ने आकाशवाणी को बताया कि जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर बस और ट्रंक आमने सामने की टक्कर के कारण ये हादसा हुआ उन्होंने ये भी बताया कि वाहनों की गति के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान शुरु किया गया है

मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतगणना सुबह आठ बजे से शुरु होगी और कल दोपहर तक सभी परिणाम मिल जाने की उम्मीद है

जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है

राजधानी जयपूर के स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह मुख्य सचेतक महेश जोशी और नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा ने शहर के गंगापोल दरवाजे पर गणेश जी की प्रजा अर्चना की इस मौके पर शहर के गोर्विन्द देवजी मंदिर में नगर निगम की ओर से कथक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है